मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि परिसर में विराजमान रामलला स्थल पर भव्य राम मंदिर निर्माण को तैयारियों का जायजा लिया और श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों और साधु संतों से मुलाकात की उन्होंने राम जन्म भूमि स्थल पर पूजा अर्चना की और रामलला सहित भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को नये आसन पर विराजमान कराया मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किये और न्यास कार्यशाला पहुंचकर मंदिर के लिये तराशे गये पत्थरों का अवलोकन किया श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महा सचिव चंपत राय ने मुख्यमंत्री को मंदिर निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी दी इसके बाद मुख्यमंत्री ने कार सेवक पुरम् में संत और धर्माचार्यो के साथ साथ मंदिर आन्दोलन से जुड़े शीर्ष लोगों के साथ एक बैठक की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चार और पांच अगस्त को संत महंत अपने मंदिरों में और अयोध्यावासी अपने घरों में दीपक जलाये मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिये पांच अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम के ऐतिहासिक पल का स्वागत नगरवासी दीपोत्सव से करे उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण भूमि पूजन समारोह में सभी लोगों की भागीदारी संभव नहीं है ऐसे में लोग अपने घरों और मंदिरों में बैठकर भगवान श्रीराम की आराधना करे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा हिन्दी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा क्षेत्रीय भाषओं में शाम आठ बजे इसका पुनः प्रसारण भी किया जायेगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट काम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा

प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते पिछले सप्ताह से राज्य में दो दिन शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी रखने का निर्देश जारी किया है इसी क्रम में आज प्रदेश भर में प्रशासन द्वारा पूर्णबंदी का सख्तो से पालन कराया जा रहा है सरकारी और निजी कार्यालयों के अलावा बाजार और शॉपिंग कॉम्पलेक्स आज पूरी तरह बंद रहे केवल आवश्यक सेवाओं को ही जारी रखने की अनुमति दी गई है राजधानी लखनऊ के चार थाना क्षेत्रां इंदिरानगर गाजीपुर आशियाना और सरोजनीनगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि केवल इमरजेंसी में ही बाहर निकले अस्पताल के अलावा हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिये छूट रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज और कल प्रदेश में संचालित किये जा रहे विशेष स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन अभियान को प्रभावी ढंग से संचगिलत करने के निर्देश दिये हैं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

सर्दी जूकाम भी कोविड के लक्षणों में से है और मौसम बदलने के साथ जिन लोगों में ये लक्षण हैं उन्हें डर रहता है कि वे भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वेबसाइट में अवसाद और कोविड संबंधी अन्य चिंताओं से उबरने की जानकारी दी गई है एक ऐसी वेबसाइट जो उन लोगों के लिए खासतौर पर तैयार की गई है जिन्हें सामान्य सर्दी जुकाम होने पर कोराना संक्रमित होने का डर सताता है और ये उनकी भी मदद करती है जो क्वारंटीन में हैं और सिर्फ चिंता और उदासी की वजह से ठीक होने में ज्यादा समय ले रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर वीएन मिश्रा ने इन सारी समस्याओं के लिए सर्दी जुकाम डॉट कॉम नाम की वेबसाइट तैयार की है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि वेबसाइट में क्वारंटीन कवच जैसी कई और जानकारियां हैं विश्व का कोविडोमीटर है वो लगा हुआ है भारत का कोविडोमीटर लगा है जिलेवार भी आप इसमें अपना देख सकते हैं कि कोविड की क्या स्थिति है एक इसमें सेल्फ एसेसमेंट मीटर भी है जिसमें आप खुद भी एसेस कर सकते हैं आप क्वारंटाइन कवच भी जा सकते हैं जो ये चौदह दिन या दस दिन का जो टाइम है इसमें आप बोर न हों कुछ नया सीखें कुछ संगीत सीखें चित्रकारी सीखें कुछ गौरवगाथा सुनें क्विज भी इसमें है इस वेबसाइट के अलावा लोग कोविड से जुड़ी जानकारियों के लिए इसी नाम से मौजूद मोबाइल ऐप की भी मदद ले सकते हैं वाराणसी से मनोज त्रिपाठी के साथ सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में नागपचमी का पर्व आज धार्मिक श्रद्धा और सादगी के साथ मनाया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने गांव के बाहर मैदानों में नाग देवता की पूजा अर्चना कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की प्रदेश में लॉकडाउन के चलते आज मंदिरों में सन्नाटा रहा

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मंगला आरती का आयोजन किया गया कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में इस बार लोगों की भीड़ कम रही हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट परंपराओं को संजोकर रखने वाली धर्म नगरी काशी में नागपंचमी का पर्व कोरोना महामारी की वजह से सादगीपूर्ण ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सुबह उठते ही लोगों ने स्नान कर नाग देवता को दूध लावा चढ़ाने के बाद दैनिक कार्यो की शुरुआत की जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ ही बड़ों ने भी कजरी गीतों को गाते हुए झूले का आनंद उठाया तो वहीं शहरी व ग्रामीण इलाकों में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में कोरोना महामारी की वजह से सिर्फ परंपरा का निर्वहन किया गया कोरोना महामारी के चलते प्राचीन नागकूप में चुनिंदा लोगों ने दर्शन पूजन कर माला फूल दूध लावा को चढाया यहां सदियों से चली आ रही शास्त्रार्थ परंपरा को भी इस बार ऑनलाइन आयोजित किया गया मनोज त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि हमारी संस्कृति में जीव जन्तु तथा वृक्ष सभी के साथ आत्मीय संबंध जोड़ने की समृद्ध एवं प्राचीन परम्परा है और नागपंचमी का पर्व प्रकृति के साथ हमारे इस जुड़ाव का प्रतीक है एसटीएफ और पुलिस की टीम ने गोण्डा के व्यवसायी के अपहृत पुत्र को बदमाशों के चंगल से सकुशल बरामद कर लिया है

इस मामले में पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है एडीजी प्रशान्त कुमार ने पुलिस टीम को एक लाख रूपये का इनाम दिये जाने की घोषणा की है गौरतलब है कि पिछले दिनों व्यवसायी के पूत्र का अपहरण कर बदमाशें ने चार करोड़ रूपये की फिरौती मांगी थी डॉक्टर नरेन्द्र अग्रवाल के स्थान पर डॉक्टर राजेन्द्र प्रताप सिंह को लखनऊ का नया सीएमओ नियुक्त किया गया है